सरकार ने तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार और किसानों के बीच यह छठे दौर की वार्ता होगी

वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर विचार विमर्श होगा सरकार ने दोहराया है कि वह स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों के सभी मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्व है जावड़ेकर इंदौर देश में चार बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल कर चुके इंदौर के स्वच्छता मॉडल को अब देश के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा इसके लिए इंदौर मॉडल पर आधारित वर्कशॉप का आयोजन भी होगा यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही वह इंदौर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं प्री ब्रिटेन उड़ान सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर लगी अस्थाई रोक सात जनवरी तक बढ़ा दी है नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस अवधि के बाद उड़ाने फिर शुरू होने पर कडे नियमों का पालन किया जाएगा इस बारे में विस्तृत जानकारी की घोषणा शीघ्र की जाएगी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सिफारिश की थी कि ब्रिटेन से भारत आने वाली उड़ानों पर रोक की अवधि सात जनवरी तक बढ़ा दी जाए

मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे के दौरान ग्वालियर दतिया और धार जिलों में शीत लहर का प्रभाव रहा प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित सत्रह जिलों में तापमान आठ डिग्री सेल्सियस से कम रहा प्रदेश में सबसे कम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद अब वहां बर्फ पिघलने लगी है बर्फीली हवा सीधे पहुंच रही है जिसके कारण मौसम बेहद सर्द हो रहा है आज भोपाल ग्वालियर चम्बल संभागों उज्जैन टीकमगढ़ छतरपुर सागर शाजापुर रतलाम नीमच मंदसौर राजगढ़ सीहोर रायसेन इंदौर ओर धार जिलों में शीत लहर चलने का अनुमान है सतना से मिले समाचार के मुताबकि जिले में उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण दिन रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है

इसमें ऑक्सीजन मीट्रिक नाइट्रोजन गैस का उत्पादन होगा

साथ ही संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए हैं

यहां दिव्यांग आवेदन कर सकेंगे और विशेष छूट का पास बनवा सकेंगे इसके लिए रेलवे स्टेशन पर शिविर लगाया गया

बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार